मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोविड़ दिशानिर्देशों के साथ मतदान की अपील की है सभी प्रत्याशियों ने आज भी मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क किया

निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से घर से ही मास्क लगाकर आने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है हमारे प्रतापगढ़ झालावाड़ और ब्रंदी संवाददाताओं ने बताया कि मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें मतदान केन्द्रों के लिए रवाना कर दिया गया है

आज जयप्र में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की जयप्र प्रथम के कार्यालयों में पदस्थापित चिकित्सा कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया

कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के दो सप्ताह बाद आम तौर पर एंटीबॉडी विकसित होती है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

उन्होंने कहा कि एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा

जिनका मूल्य लगभग सवा लाख करोड रूपये है

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने मूंगफली बेचान के लिए पंजीयन नहीं कराया है वे अभी भी अपना पंजीयन करा सकते है

उन्हेांने कहा कि इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ साथ उद्यमी किसानों को भी नियमित प्रशिक्षण दिया जायेगा

पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी

वे आज नाथद्वारा में श्रीनाथ भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और सांसद दिया क्मारी भी मौजूद थे लोकसभा अध्यक्ष ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर देश की ख्शहाली की कामना की

कई जिलों में शीतलहर के कारण आज भी जनजीवन प्रभावित हुआ है

मौसम विभाग ने अलवर भीलवाड़ा भरतप्र चित्तौडगढ़ धौलप्र झुझुंनू करौली सीकर टोंक और उदयपुर जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है इसी तरह भीलवाड़ा सीकर झूंझुनू तथा चित्तौडगढ़ में कहीं कहीं पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गयी है